उन्होंने कहा कि प्रेस से लेकर संसद तक सैनिकों से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक और संविधान से लेकर न्यायालयों तक कोई भी इसके कूप्रभावों से नहीं बचा है श्री मोदी ने कहा है कि देश की जनता ने दो हजार चौदह के चुनाव में वंशवाद को नकारकर ईमानदारी के लिए पतन को नकार कर विकास के लिए अस्थिरता को नकार कर सुरक्षा के लिए रूकावटों को नकार कर अवसरों के लिए और वोट बैंक की राजनीति को नकार कर विकास के लिए निर्णायक मतदान किया था प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग में कहा है कि दो हजार चौदह के जनादेश में पहली बार देश के इतिहास में गैर वंशवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था प्रधानमंत्रीने कहा है कि देशवासी सकारात्मक मुद्दों के बजाय भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के सर्खियां बनने से तंग आ चुके थे प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सरकार जब पहले परिवार की बजाय पहले भारत की भावना से काम करती हैतो उसका काम दिखता है उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान देते हुए श्री नायडू ने कहा कि स्वतंत्र मीडिया वास्तव में लोकतंत्र को बनाये रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है श्री नायड् ने पेड न्यूज के खतरे पर भी विंता व्यक्त की कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि मीडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो पारदर्शी और निष्पक्ष हो जीएसटी परिषद ने आवासीय संपत्ति से संबंधित वस्तु और सेवा कर की दर में नई परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी है इसके तहत आवासीय परियोजना डेवलपर्स अपने निर्माणाधीन मकानों के लिए इच्छानुसार बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के नई संशोधित कम दर का चयन कर सकते हैं या इस पर लागू पुरानी दर पर बने रह सकते हैं राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि इस वर्ष एक अप्रैल या इसके बाद शुरु होने वाली आवासीय परियोजनाओं के डेवलपर्स को पिछले महीने जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तु और सेवा कर की नई दर को स्वीकार करना होगा बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने घोषणा की है कि वे दो हजार उन्नीस का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी सुश्री मायावती ने आज लखनऊमें संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश के वर्तमान हालात में जरूरत को देखते हुए तथा अपनी मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित में लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन मजबूत है सुश्री मायावती नेकहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे बाद में चुनाव लड़ेंगी

इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अस्सी घाट पर मल्लाह सम्मेलन को संबोधित कर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की प्रदेश में होली के त्योहार की धूम शुरू हो गयी है अयोध्या काशी मथुरा में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली की शुरूआत हो जाती है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में होली मनाने की एक अपनी अलग परंपरा निभाई गई यूं तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी रंगमरी एकादशी से ही रंगोत्सव का पर्व होली की काशी श्रुआत हो जाती है जिसमें मंदिर से लेकर सड़कों तक और घरों से लेकर अब श्मशान तक अवीर गुलाल उड़ने शरू हो गये हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी पर बाबा के गौने में शामिल न होने वाले औघड़ भूत पिशाच के साथ दूसरे दिन देवाधिदेव महादेव ने जलती चिताओं के बीच होली खेली कान्हा की नगरी मथुरा में होली पर्व की धूम मची हुई है ब्रज मंडल के प्रमुख श्री द्वारिकाधीश मंदिर मे होली बगीचे का भव्य आयोजन किया गया ब्रज में श्रीद्वारिकाधीश मंदिर का अपना अलग ही महत्व है

श्रीद्वारिकाधीश मंदिर मे होली की अनोखी छटा देखते ही बन रही थी पूरा मंदिर प्रांगण होली पर्व की मस्ती मे डूबा हुआ था भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी रंगभरी एकादशी के दिन से होली शुरू हो गयी नागा साध्यों की टोलियों ने पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी की पताका प्राप्त किया फिर मंदिर मंदिर जाकर भगवान श्री से होती खेली होली की पूर्व संय्या पर प्रदेश भर में आज रात्रि मुहुर्त के अनुसार होलिका दहन कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा कई सामाजिक संगठनों ने लोगों से हरे पेड़ और कीमती लकड़ियों को जलाने से परहेज करने को कहा है

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अजहर को प्रतिबंधित करने के प्रयास में चीन द्वारा रोड़े अटकाये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है